्र बसपा प्रमुख मायावती ने उनकी पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताते कहा कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जायेगी

राज्य में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच सियासी गतिविधियां आज भी जारी रही आज दोपहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल की बैठक हई जिसमें विधानसभा का सत्र आहत करने पर राज्यपाल के तीन बिंदुओं के परामर्श के प्रतिउत्तर को मंजूरी दी गयी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राज्यपाल की ओर से जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया उनका जवाब राज्यपाल को भेजा जा रहा है

गौरतलब है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने संबंधी राज्य मंत्रिमंडल के दूसरे प्रस्ताव को कल तीन बिंदुओं के परामर्श के साथ सरकार को वापस लौटा दिया था उंधर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी के छह विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक है और उनकी पार्टी इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी

एक अन्य घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी याचिका खारिज करने पर आज उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है पत्रकारों से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि उन्हें बिना सुने सूचित किये स्पीकर ने उनकी याचिका निस्तारित कर दी

जिला कलेक्टर ने अलवर में दोबारा लॉकडाउन किये जाने की खबर को गलत बताया

इस बीच ब्रंदी में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के मकसद से सात दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है

वहीं बांसवाड़ा में दुकाने बंद करने का समय शाम पांच बजे और बारा में शाम छह बजे कर दिया गया है इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में चार अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आज कार्य स्थगित कर दिया गया इसी तरह अलवर जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी सहित तहसील के आठ लोग पॉजिटिव आये हैं जिसके बाद तहसील को बंद कर दिया गया है तहसील परिसर को नगर परिषद की टीम द्वारा सैनेटाइज किया गया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या साढे नौ लाख को पार कर गई है

कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कम्प्यूटर का बटन दबाकर यह परिणाम जारी किया श्री डोटासरा ने बताया कि इस बार अस्सी दशमलव छह तीन प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए हैं जो पिछले साल की तुलना में शून्य दशमलव सात आठ प्रतिशत ज्यादा हैं उन्होंने बताया कि छात्रों का परीक्षा परिणाम अठत्तर दशमलव नौ नौ प्रतिशत रहा है जबकि छात्राओं का परिणाम इक्यासी दशमलव चार एक प्रतिशत रहा है उन्होंने बताया कि इस साल कुल ग्यारह लाख अठत्तर हजार पांच सौ सत्तर विद्यार्थी पंजीकृत हुए जिनमें से ग्यारह लाख चौव्वन हजार दो सौ एक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी

केवल बांसवाड़ा में टिड्डियों का प्रकोप नहीं है

टिड़िडयों के हमले से नागौर बीकानेर और जोधपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं

प्रदेश में अब तक कम वर्षा से किसानों की चिंता बढ़ गई है ब्रंदी में फसलों को बचाने के लिए विधायक अशोक डोगरा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के संभागीय आयुक्त को चम्बल नदी की नहरों में पानी छोड़े जाने का आदेश देने के सम्बन्ध में पत्र लिखा है झालावाड में भी वर्षा कम होने की वजह से फसलों में कीड़े और इल्लियां पड़ने की संभावना बढ़ गयी है

अजमेर रेल मंडल से आज पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह पौने छह बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई अजमेर से दिल्ली के बीच ट्रेन का ठहराव नौ स्टेशनों पर है इससे पहले उत्तर पश्चिम रेल मंडल में कल पहली बार दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन पहुंची अजमेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक नवीन परसुरामका ने बताया कि जल्द ही अन्य ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जाऐंगी

इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया

जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने श्याम नगर थाने में पदस्थापित सहायक पुलिस उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया उधर श्रीगंगानगर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज रायसिंहनगर कस्बे में वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त धनराज चौधरी को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया